्र प्रदेश भाजपा ने कृषि विधेयकों के सम्बन्ध में कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगया कांग्रेस ने विधेयकों के विरोध में ज्ञापन दिये ्र प्रदेश में कोविड मरीजों के तुरंत सहायता के लिए स्थापित राज्य स्तरीय वॉर रूम ने काम शुरू किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि विधेयक से इस क्षेत्र में क्रांति आएगी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बिहार में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के मौके पर श्री मोदी ने कहा कि अब देश के किसानों को बिचौलियों से छटकारा मिलेगा उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद होती रहेगी उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से किसानों का बड़े स्तर पर सशक्तिकरण होगा

प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया ने आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों में जो वादे किये इन कानूनों में उसी तरह के प्रावधान किये गये हैं लेकिन अब कांग्रेस उनका विरोध कर रही है उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेवजह भ्रम फैलाकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है श्री कटारिया ने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कोन्द्र सरकार स्वामीनाथन कमेटी के ज्यादातर सुझावों को लागू करने का कार्य कर रही है इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा की गई है

इधर जयपुर में इन कानूनों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस द्वारा जयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि ये कानून किसान विरोधी हैं उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पूरे देश में लड़ेगी

कई जिलों मे कृषि उपज मंडियां भी बंद रहीं बूंदी श्रीगंगानगर टोंक बांसवाड़ा सहित कई स्थानों पर इन विधेयकों के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गये कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कृषि विधेयक लागू होने के बावजूद मंडियों में कामकाज बंद नहीं होगा और ये पहले की तरह व्यापार करती रहेगी मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि नई प्रणाली के तहत किसानों के पास मंडियों के अलावा अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प होगा

ये संगठन छोटे किसानों को एक साथ लाकर क्रषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेंगे राज्यसभा में कल कृषि विधेयक पारित कराये जाते समय हुए हंगामे को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज विपक्ष के आठ सदस्यों को मॉनसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया पहले उन्हें एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था श्री नायड् ने कल की घटना को अस्वीकार्य और निदनीय बताया आठ सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई

डॉक्टर शर्मा ने बताया कि आइसोलेशन वाले मरीज या उनके परिजन राज्य स्तरीय वॉर रूम में संपर्क कर अपनी परेशानी बता सकते हैं उन्होंने बताया कि बिना लक्षण वाले मरीज यदि डॉक्टर की सलाह की मांग करेंगे तो हेल्प डेस्क पर मौजूद डॉक्टर उनकी मदद करेंगे साथ ही दवा की मांग होने पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दवा उपलब्ध कराई जाएगी

उन्होंने बताया कि जयपुर के मेट्रोमास अस्पताल को भी कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है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

इसके लिए उन्हें अपने अभिभावकों से लिखित सहमति पत्र लेना होगा हालांकि कंटेंटमेंट जोन में रहने वाले छात्रों और अध्यापकों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं दी गई है फिलहाल नियमित कक्षाएं नहीं लगेगी

दूसरी ओर प्रदेश मे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विभिन्न मंदिरों को नवम्बर तक बंद रखने का फैसला किया गया है

सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की पूरक परीक्षाएं कल से शुरू होंगी विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं

राजस्थान उच्च न्यायालय और निचली अदालतों की कार्य व्यवस्था में बदलाव किया गया है अब हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ जयपुर पीठ और प्रदेश की सभी निचली अदालतों में केवल जरूरी मामलों की सुनवाई होगी हाईकोट में यह व्यवस्था एक अक्टूबर तक और निचली अदालतों में तीन अक्ट्बर तक लागू रहेगी पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना आवश्यक है उन्होंने कहा है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने के साथ पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग और अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग भी जरूरी है

एक दो स्थानों पर बिजली गिरने के समाचार मिले हैं

उदयपुर बांसवाडा डूंगरपुर सिरोही और कई अन्य जिलों में भी अच्छी वर्षा के समाचार हैं